इस दौरान केंद्रीय ग्रहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रदेश में आपातकालीन रिस्पाँस सहायता प्रणाली के शुभारंभ अवसर पर भी वे मौजूद रहेंगे

वे ओमप्रकाश रावत का स्थान लेंगे जो एक दिसम्बर को सेवानिवृत हो रहे हैं सूत्रों ने बताया कि इस सम्बंध में अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी

मंत्रालय ने इस सम्बंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा निर्देश के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त किताबें सामग्री और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने के लिए कहा जाना चाहिए पोर्टल केन्द्र सरकार ने सस्ते ऋण और ब्याज में सब्सिडी कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए पैसा पोर्टल का नई दिल्ली में श्भारंभ किया यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योरदय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रोसेस करने के लिए एक केन्द्रीकृत इलेक्टॉनिक प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा आवास और शहरी मामले मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि पैसा पोर्टल लाभार्थियों के साथ सीधे जुड़ने की दिशा में सरकार का एक और कदम है इससे सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और सक्षमता आयेगी

सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मेरिट लिस्ट में आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के लिए ये योजना शुरू की गई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचापत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है प्रदेश सरकार द्वारा किये गए तबादलों पर अमर उजाला की सुर्खी है विजिलेंस प्रमुख डॉ अतुल हटाए गर्ग को सौंपा जिम्मा मित्रा समेत अन्य मामलों की जांच में विवाद के बीच एडीजी बदले हिमाचल दस्तक का शीर्षक है अनुराग गर्ग नए विजिलेंस चीफ श्याम भगत नेगी लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे जबकि दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर व पंजाब केसरी के एक जैसे शब्द हैं हरबंस ब्रास्कॉन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है सीयू का होना चाहिये था एक ही कैंपस सीएम बोले अब दो परिसर बनाने से पीछे हटना सम्भव नहीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पांच जनवरी को होगा सीयू का शिलान्यास

गोबिंद सागर में कश्मीर डल लेक की तरह शिकारों में होगी सैर बिलासपुर को पर्यटन एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स नगरी बनाने की है तैयारी अमर उजाला की एक खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय क्रूर यातायात प्रबंधन में लिखा है कि हिमाचल में सड़कों पर अनियंत्रित वाहनों पर न पहले अंक्श था और न अब है रूट परमिट में बरती जा रही अनियमितताएं भी वाहनों को घातक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल कर रही हैं यह राज्य की परिवहन नीति का दुखद परिणाम है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में पहली और दूसरी कक्षा में लाखों बच्चों को अब होम वर्क नहीं दिया जाएगा ऐसे में अब उन्हें होम वर्क का कोई तनाव नहीं होगा